कोविड स्वास्थ्य केन्द्रों में भर्ती बहुत कम और बिना लक्षण वाले मामलों में उनके बुखार और नब्ज की जांच की जायेगी

गंभीर मामलों में मरीज की रिपोर्ट नैगेटिव आने पर ही छ्ट्टी दी जायेगी

मुख्यमंत्री आज डिजीटल माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे उद्योग बारे बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघ् औश्र मध्यम उद्योगों के सौ से अधिक प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है और उद्योग चलाने के लिए कुद ढील दी गई है

उन्होंने होंडा और मारूती जैसे उद्योगों के विकास में योगदान का जिक करते हुए उन्हें अपने कामगारों को रोक कर रखने के लिए कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य उद्योगों के साथ भी सरकार का पूरा सहयोग रहेगा

उन्होंने कहा कि सरकार सिरसा में खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा उद्योग जींद में कृषि आधारित उद्योग रेवाड़ी में ऑटो कल पुर्जा उद्योग यमुनानगर में बर्तन उद्योग पानीपत में खाद्य पदार्थों और बहादुरगढ में फुट वियर उद्योग को आगे बढाया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि छः लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम कानूनों में भी बदलाव किया जायेगा और श्रमिकों के उद्योगों में रहने की व्यवस्था की जायेगी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन तीनों क्षेत्रों से कोरोना के कई मामले सामने आए हैं जिसके कारण प्रशासन ने इन तीनों इलाकों को सील करने के आदेश दिए हैं इन तीनों इलाकों में अब किसी भी आने जाने व दुकाने खुलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा

हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजंसी एनआईए और पंजाब पुलिस के साथ एक सुयुक्त कार्रवाई में पंजाब के दो अतिवांछित अपराधियों सहित तीन लोगों को सिरसॉ के बेगू गांव से गिरफतार किया है सिरसा के प्रभारी पुलिस अधीक्षक डीआईजी डॉ अरूण सिंह ने यह जानकारी देते हए बताया है कि गिरफतार अपराधियों की पहंचान कुख्यात तस्कर रणजीत सिंह चीता उसके भाई गगनदीप गगन और ग्मीत के तौर पर हई है चीता और गगन पंजाब के निवासी हैं जबकि ग्रमीत सिह गगन का रिश्तेदार और सिरसा में गांव बेदवाला का निवासी है

यह भी जानकारी दी गई है कि रणजीत चीता और गगन के हिजबुल मुजाहीदीन के साथ संबंध हैं और वे आतंकवादियों को मदद देने के संलिप्त रहे हैं जिसकी विस्तृत जांच हो रही है

डीआईजी अरूण सिंह ने बताया कि रणजीत सिंह चीता और गगन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है जबकि गुरमीत सिरसा पुलिस की हिरासत में है

सिविल सर्जन डॉ सुरेन्द्र नैन ने बताया कि इस मरीज का पिछले चार दिनों से नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा था पंचकूला में भी दो व्यक्ति पाजिटिव पाए गए हैं जिनमें एक महिला थाना की बावरची और राजीव कालोनी का एक व्यक्ति शामिल है

फरीदाबाद शहर के बाजारों में दिन और वार के हिसाब से दुकानें खोले जाने की सोशल मीडिया पर वायरल हई सुची को फर्जी बताया है उपायुक्त यशपाल यादव ने एक टवीट के माध्यम से वायरल हो रही इस जानकारी का खण्डन करते हुए कहा है कि प्रशासन द्वारा पहले जारी आदेश ही प्रभावी रहेंगे

आज भिवानी में महाराणा को याद करते हए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे जिन्होंने कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया उन्होंने कहा कि ऐसे योद्वा युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत हैं

अंबाला जिले में भी विभिन्न कार्यक्रमों में महाराणा प्रताप को पृष्यांजलि अर्पित की गई इस मौके पर नारायणगढ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

शिविर का शुभारंभ करने पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने महान सप्रत महाराणा प्रताप को नमन् करते हुए कहा कि उनकी गाथा सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनी रहेगी यमुनानगर में भी कर्णी सेना श्रत्रिय महासभा राजपूज यूथ ब्रिगेड और दूसरे सामाजिक संगठनों से जुडे लोगों ने शारीरिक दुरी को ध्यान में रखते हए इस महान योद्वा को याद किया वहीं अखिल भारतीय श्रेत्रिय महासभा ने कहा कि आज रात दीप प्रज्जवलित कर इस महान आत्मा को नमन किया जायेगा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा आने के इच्छुक प्रवासियों को कोई आपत्ति नहीं सर्टिफिकेट मिलने के बाद वापिस बुलाया जायेगा उन्होंने कहा कि आठ लाख प्रवासी मजदूरों के उनके राज्यों में जाने का प्रबंध किया जा रहा है उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को पैदल या साईकिल से न जाने की अपील भी की है

उपायुक्त जितेन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रवासी श्रमिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे